केवल आज को छोड़कर राज्यसभा की कार्यवाही सुबह की पाली में और लोकसभा की शाम पाली में होगी सत्र के दौरान पहली अकृतूबर तक अट्रारह बैठकों में पैंतालीस विधेयक और दो वित्तीय प्रस्ताव सदन के पटल पर रखे जाएंगे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 संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने आज कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है प्रश्नकाल को स्थगित करने के खिलाफ विपक्ष की आपत्ति का जवाब देते हुए श्री जोशी ने कहा कि ऐसे समय जब विधानसभाएं एक दिन के लिए भी कामकाज को तैयार नहीं हैं संसद का मॉनसून सत्र असाधारण परिस्थिति में बुलाया गया है उन्होंने कहा कि सरकार से सवाल पूछने के बहुत से तरीके हैं और सरकार चर्चा के लिए तैयार भी है सरकार ने आज लोकसभा में दो लाख पैंतीस हजार आठ सौ बावन करोड सत्तासी लाख रूपये की पहली अनुपूरक मांग प्रस्तुत की

दो लाख पैंतीस हजार आठ सौ बावन करोड सत्तासी लाख रूपये के अतिरिकृत खर्च की मांग को संसद द्वारा पारित किया जाना है

राज्य में दर्ज होने वाले कोविड के क्ल मामलों की संख्या छह हजार एक सौ इक्कीस हो गई है जिसमें से एक हजार सात सौ बत्तीस सक्रिय और चार हजार तीन सौ उन्यासी कोविड रोगी स्वस्थ हो च्के है और दस की मौत हो चुकी है प्रदेश के सत्रह जिलों से आए नए मामलों में से राजधानी ईटानगर से इकहत्तर लोअर दिबांग वैली जिले से सोलह चांगलांग और लोंगडिंग जिले से सात सात ईस्ट सियांग लोअर सियांग और लोअर स्बनसिरी जिले से छह छह मामले शामिल है जबकि पाप्मपारे और लोहित जिले से पांच पांच तवांग जिले से चार दिबांग वैली और अपर सियांग जिले से तीन तीन वेस्ट कामेंग और वेस्ट सियांग जिले से दो दो पाक्के केसांग ईस्ट कामेंग और अंजाव जिले से कोरोना संक्रमण का एक एक नया मामला सामने आया है इधर राजधानी क्षेत्र ईटानगर के निरजुली में पुलिस दवारा राज्य स्वास्थ्य विभाग के दिशानिर्देशों के अन्रुप मास्क न लगाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई प्लिस ने मास्क न पहनने के आरोप में अद्वाईस लोगों पर ज़र्माना लगाया राज्य प्लिस ने कहा है कि अनिवार्य रुप से मास्क लगाने के दिशानिर्देशों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी

एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री लिबांग ने बताया कि उसकी कोरोना जांच में पॉजिटिव आई है और वे एसिम्टिमेटिक है उन्होंने बताया कि वह डाक्टरों दवारा दिए जरुरी निर्देशों का पालन कर रहा है

गौरतलब है कि श्रीमती सालमी सांगदीगोरिया रामा कृष्णा मिशन अस्पताल ईटानगर में एक स्वास्थ्य कर्मी के रुप में कार्यरथ थी

श्री खांडू ने स्वर्गीय सालमी के परिवार जनो के प्रति सहान्भूति प्रकट करते हए सभी स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति कृतज्ञता जताते हए कहा कि वे खतरे से भली भांति वाकिफ होते हए भी लोगों और वायर्स के बीच दिवार बनके खड़े हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिन्दी दिवस पर श्भकामनाएं दी हैं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 गृहमंत्री अमित शाह ने हिन्दी भाषा को स्दृढ़ करने में योगदान करने वालों के प्रति कृतजता व्यक्त की है श्री शाह ने हिन्दी दिवस पर बधाई संदेश में कहा कि हिन्दी की सबसे बड़ी शक्ति उसका वैज्ञानिक आधार तथा उसकी मौलिकता और सरलता है उन्होंने कहा कि नरेनद्व मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति से हिनदी और अन्य भाषाओं का समानानतर विकास होगा

प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिल्ली के द्वारिका कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश मिश गीतांजलि गोयल ने पैरा लीगल वालंटियर्स को केस स्टडीज लीगल अवेयरनेश लीगल ऐड कैंप्स डोर टू डोर कैंपेन सहित विभिन्न महत्वपूर्ण कानूनी विषयों की जानकारी दी